प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा विश्व का सबसे बड़ा कोविड़ टीकाकरण अभियान जल्द शुरू किया जायेगा

प्रदेश में आज भी कृछ स्थानों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि कई स्थानों पर घने कोहरे और शीतलहर का असर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

बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रेल मंत्री पीयूष गोयल और विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार की किसानों के प्रति संवेदनशील है उन्होंने कहा कि कोई भी निर्णय करते समय कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखा जायेगा

उन्होंने कहा कि पोस्ट कोविड व्यक्तियों का उपचार करना अब सरकार की सर्वेच्च प्राथमिकता है डॉ शर्मा ने पोस्ट कोविड इफेक्ट से प्रभावित व्यक्तियों से चिकित्सा विभाग द्वारा संचालित पोस्ट कोविड केयर क्लिनिक्स और डे केयर सेंटर्स के जरिए परामर्श और उपचार करवाने का आग्रह किया है

मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ हंसराज भदालिया ने बताया कि इन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में कार्मिकों को वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी के साथ ही इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया जा रहा है साथ ही बैठक में उपस्थित सभी कार्मिकों को कोराना की गाइड लाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है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

इसके लिए जरूरी संशोधन किया गया है

श्री डोटासरा ने कहा कि रीट में राज्य के अभ्यर्थियों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले इसके लिए सिलेबस में बदलाव किया गया है

इसके साथ अब तक आठ जिलों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मृत्यु के मामले सामने आ चुके हैं

राज्यपाल ने श्री कटारिया से प्रदेश में बर्ड फ्लु के बारे में भी जानकारी ली और इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही किए जाने और एक्शन प्लान बनाए जाने पर जोर दिया

वहीं भरतपुर बूंदी टोंक और करौली के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है सवाई माधोपुर जयपुर बूंदी और आसपास के जिलों में कुछ जगह ओले भी गिरे

वहीं सीकर में आज शाम तेज बारिश होने और ओले गिरने की खबर है